नेपाल से पानी छोड़े जाने और जलग्रहण इलाकों में भारी बारिश के कारण उत्तर बिहार की सभी नदिया उफान पर हैं कोसी गंडक बूढ़ी गडक लालबकिया कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान के करीब है जल संसाधन विभाग ने बताया कि बागमती नदी तीन जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कमला बलान जयनगर में पैंतीस और झंझारपुर रेल पुल के पास पचासी सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सीतामढ़ी के मेहसौल में दर्जनों घरों में लखदेई नदी का पानी प्रवेश कर गया है लोग बांधों और अन्य सुरक्षित जगह की ओर पलायन कर रहे हैं उधर कई दिनों से हो रही बारिश से किशनगंज के दिघल बैंक और अररिया के पलासी तथा जोकीहाट प्रखंडों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गयी है मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड में सड़क पर बना डायवर्सन दूट गया है जिले के योगिया और पदमा गांव के बीच बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है डायवर्सन और पुल टूटने के कारण सड़क सम्पर्क भंग है लदनिया में सड़क कटाव के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग एक सौ चार को भी बंद कर दिया गया है पश्चिमी चंपारण के दर्जनों गांव बाढ़ से घिर गये हैं गंडक का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का पानी जिले के गोनाहा मैंनाटांड़ और सिकटा के कई गांवों में प्रवेश कर गया है इधर किशनगंज जिले से होकर बहने वाली महानंदा नदी का जलस्तर कटिहार में भी तेजी से बढ़ रहा है आधिकारिक जानकारी के अनुसार पटना में गंगा का जलस्तर छह मीटर बढ़ गया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने नदियों में शाम छह बजे के बाद नौका परिचालन पर रोक लगा दी है संभावित बाढ़ के मद्देनजर अभियंताओं को अलर्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का डेढ़ गुना दाम देने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा कर दिया है उन्होंने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को ऐतिहासिक बताते हुए किसानों को बधाई दी है कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि किसान खासतौर पर छोटे और मझोले किसानों को समर्थन मूल्य में बढोतरी का फायदा मिलेगा आकाशवाणी से बातचीतमें उन्होंने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और समर्थन मूल्य की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी पन्द्रहवें वित्त आयोग की टीम का नौ जुलाई से शुरू होने वाला बिहार का चार दिवसीय दौरा टल गया है आयोग के तरफ से दौरा रद्द करने की जो सूचना आयी है उसमें इसका कारण अपरिहार्य बताया गया है केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षा योजना लागू करने वाली एजेंसी एन एच ए ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है एजेंसी ने सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का लक्ष्य हासिल करने के लिए अस्पतालों को सूचीबद्ध कर उन्हें आवश्यक निर्देश भी जारी कर रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ इन्दु भूषण ने सभी अस्पतालों और चिकित्सा सेवा प्रदाताओं से अपील की है कि मनुष्यता की सेवा की भावना के साथ देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र की क्रांतिकारी पहल आयुष्मान भारत से जुड़ें राज्य सरकार ने कई वर्षो से डयूटी से गायब तिरपन डॉक्टरों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है इनमें अधिकतर अतिरिक्त प्राथमिक केन्द्र में तैनात हैं बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से सहमति लेकर मुख्यमंत्री के पास भेजा जायेगा राज्य में सातवीं पास सिपाहियों को प्रोन्नति के लिए कानून की पढाई करनी होगी अपर पुलिस महानिदेशक एसकेसिंघल ने इसकी जानकरी देते हुए कहा कि सिपाहियों को हवालदार बनने के लिए कानून की बारीकियां जाननी होगी सिपाहियों को हवलदार बनने के लिए होने वाले सीनियर लीडरशिप कोर्स एसएलसी में कानून विषय को भी पढ़ना होगा कोर्स पूरा करने के बाद परीक्षा भी अच्छा नम्बरों से पास करनी होगी इधर बिहार प्रलिस मेंस एसोसिएशन ने नन मैट्रिक सिपाहियों के लिए एसएलसी के नये कोर्स पर आपत्ति जतायी है भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों को जालसाजों की गतिविधियों से सावधान रहने की चेतावनी दी है आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि फर्जी प्रस्तावों लॉटरी और सस्ती दर पर विदेशी मुद्रा खरीदने के लुभावने प्रस्तावों से लोग सचेत रहें रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह न तो किसी व्यक्ति का खाता संचालित करता है और न ही किसी प्रकार के एसएमएस संदेश पत्र या ई मेल के जरिए किसी लॉटरी फंड की सूचना देता है पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस दस जुलाई तक निर्धारित करने का निर्देश दिया है एक याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दिया इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने न्यायालय को बताया कि निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस का निर्धारण करने के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि अगली बैठक में हरहाल में निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए फीस का निर्धारण कर लिया जायेगा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा के मामले में निगरानी अन्वेषण व्यूरो ने कार्रवाई शुरू कर दी है ब्यूरो ने इस मामले में दो आईएएस अधिकारियों योजना विकास विभाग के संयुक्त सचिव और उद्यमिता विकास विभाग के निदेशक समेत चौदह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है दर्ज प्राथमिकी में पूर्वी चंपारण के वर्तमान जिला कार्यक्रम अधिकारी विधान चन्द्र राय पटना के अनिरंजन सिन्हा मध्रबनी और सीतामढ़ी जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी और मोतिहारी इंजिनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य का नाम भी शामिल हैं सूचना प्रावैधिकी विभाग ने बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउट सोर्सिंग के आधार पर विभिन्न विभागों और कार्यालय में कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरों का मानदेय बढ़ा दिया है यह वृद्धि वर्ष दो हजार चौदह के बाद की गयी है राष्ट्रीय ब्रिडिंग प्रोग्राम के तहत राज्य के सात जिलों में दो सौ छियालीस नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बनाये जायेंगे इनमें गोपालगंज सीवान मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले शामिल हैं तिरहुत दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति ने बताया कि इन केन्द्रों को इस वर्ष के अंत तक खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी पटना रिथत वेटनरी कॉलेज और हॉस्टल को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है दो छात्रों को कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से रोकने पर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था हंगामा के कारण कॉलेज प्रशासन ने यह नोटिस जारी किया है जम्मू कश्मीर में सम्पन्न राष्ट्रीय जूनिय साफ्टबॉल टेनिस चैम्पियनशिप के बालक वर्ग में बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है पटना में खेली जा रही सीनियर डिविजन फुटबॉल लीग के एक मुकाबले में पार्क माउंटेन पब्लिक स्कूल ने जीआरपी को एक शून्य से पराजित कर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की है आज से पटना मे अंडर इलेवन शतरंज प्रतियोगिता शुरू हो रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बढ़ती लागत और गिरते दाम से परेशान किसानों को मोदी सरकार का तोहफा दो सौ से अठारह सौ रूपये तक बढ़ोतरी चौदह फसलों के लिए एमएसपी में बम्पर वृद्धि दैनिक जागरण ने लिखा है डेढ़ गुने समर्थन मूल्य पर होगी खरीफ फसलों की खरीद दैनिक भास्कर की सुर्खी है संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी विधायकों और विधान पार्षदों को बढ़ेगा भत्ता प्रभात खबर ने वित्त आयोग की टीम का बिहार दौरा स्थगित किये जाने की खबर को अपनी पहली लीड बनाया है